श्री चौहान ने कहा कि छात्र को जिस विषय मे रुचि हो उस विषय को लेकर पढ़ें साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर युवाओं को कोई व्यवसाय करना है तो उसके लिए भी सरकार लोन की व्यवस्था करेगी जिसका ब्याज सरकार देगी

आज दक्षिण अफ्रीका में डरबन में आठवें ब्रिक्सी सम्मेंलन को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि टी बी रोगियों को किफायती गुणवत्ता पूर्ण प्रभावशाली और सुरक्षित दवाओं के साथ साथ टीकाकरण और उपचार मुहैया कराने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में शामिल किये गये स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्धता को पूरा करने के लिए तत्पर है श्री नड्डा ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य पूर्वक मानकों को प्राप्त करने की दिशा में बड़ी तेजी से पहल कर रहा है उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक या वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के उपयोग के लिए आयुर्वेद और चीन की पारंपरिक उपचार जैसी पद्वतियों को बढ़ावा देने की जरूरत है

श्री पटवा ने कहा कि श्रमिकों को संबल योजना ने स्वाभिमान से भर दिया अब श्रमिक कमजोर नहीं हैं उनके साथ सरकार खड़ी है

उन्होंने कहा कि बकाया बिजली बिल माफी योजना से गरीबों का वर्षो से बकाया कर्जा माफ हो गया है

कमलनाथ विरोध प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनके द्वारा उठाए जा रहे विकास के मुद्दे पर पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है

उनकी मांग है कि डीजल की कीमतों और टोल टैक्स में कमी की जाए कल देर रात तक सरकार के साथ बातचीत में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका इसलिए एआईएमटीसी ने आज सवेरे से हड़ताल पर जाने का फैसला किया

उर नदी परियोजना मुख्यमंत्री शिवराज सिह चौहान तीस जुलाई को शिवपुरी जिले के पिछोर में उर नदी परियोजना का शिलान्यास करेंगे

जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्र ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के संबंध में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया

मौसम बारिश प्रदेश में फिलहाल बारिश होती रहेगी अगले तीन चार दिन तक मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव के आसार नहीं हैं मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने आज बताया कि उत्तरी मध्यप्रदेश के मध्य भाग में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है एक ऊपरी हवाओं का चक्रवात भी सक्रिय है उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में भी एक कम दबाव के क्षेत्र के साथ ऊपरी हिस्से में चक्रवाती हवा का घेरा बना हुआ है इसके कारण प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होती रहेगी

गुना और भोपाल में हुई बारिश के कारण मध्यप्रदेश राजस्थान सीमा स्थित जलालपुरा और खातोली के दोनों ओर राज्यों की सीमा पर पार्वती नदी के पुल के ऊपर तीन फीट से ज्यादा पानी आ गया पुल पर पानी होने से कई निजी और यात्री वाहन फंसे रहे कल देर रात दो बजे से पानी पुल पर आ गया था वहीं राजस्थान के बारां से जोड़ने वाले कुहांजापुर पुल से भी पार्वती नदी दो फीट नीचे बह रही है इसमें थोड़ा पानी बढ़ा तो यह मार्ग भी बंद हो सकता है